श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात की यह तीसरी कड़ी है यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और द्ररदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन तथा न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध रहेगा हिंदी के तुरंत प्रसारित होने के बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओ में भी प्रसारित किया जाएगा जिसे शाम आठ बजे दोबारा सुना जा सकता है

वे कुछ समय से बीमार थे उनका अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल की निगरानी में इलाज चल रहा था एक बयान में एम्स ने बताया है कि इस महीने की नौ तारीख को अस्पताल में भर्ती श्री जेटली का आज दिन में बारह बजकर सात मिनट पर निधन हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायड्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली के निधन पर गहरा द्रख व्यक्त किया है

पोषण अभियान को बढ़ावा देने और देश के सभी परिवारो को इससे लाभान्वित होना सुनिश्चित करने में योगदान के लिए राज्यों जिलों ब्लॉकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को ये पुरस्कार दिए गए हैं इन पुरस्कारो का उद्देश्य कुपोषण से निपटने के लिए जागरुक करने में संबंधित प्रमुख पक्षों को प्रेरित करना और बड़े पैमाने पर इस कार्य में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि समारोह में तीन सौ तिरसठ पुरस्कार और बाइस करोड़ रुपये वितरित किए गए उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी पक्षों की सहायता से कुपोषण की चुनौतियों से निपटा जायेगा और देश कुपोषण मुक्त हो जायेगा महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि अगले महीने को एक महीने का पोषण अभियान शुरु किया जायेगा जिसमें सरकार ने चौवालीस करोड़ लोगो को शामिल करने का लक्ष्य रखा है

मार्गो का चयन ग्रामीण विकास केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानो की पहचान के उद्देश्य के तहत किया गया श्री कुमार ने संबंधित एजेंसी से उनके कार्यो में तेजी लाने को कहा ताकि राज्य के दूर दराज के गांव को कनेक्टिविटी मिले और लोगो को इस योजना का लाभ मिल सके लोकसभा संसद तापिर गाओ ने कल ग्यारह संसदीय क्षेत्रो में लागू विभिन्न केंद्र प्रयोजित योजनाओ की प्रगति की समीक्षा की श्री गाओ ने लोहित जिला उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन हॉल में संबंधित उपायुक्तों और पचीस विधायको एवं अन्य विभागीय प्रमुखो के साथ बैठक की

उन्होंने लगभग अटठाइस केंद्रिय फ्लैगशिप कार्यक्रम के उद्देश्य और स्वास्थ्य पोषण शिक्षासड़कसंचार बिजली महिलाओ और बच्चों आदि संबंधित इस समिति की भूमिका को भी स्पष्ट किया

यह नई आर्ट गैलरी राज्य के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के प्रयास है जिसके तहत कला को बढ़ावा देने और राज्य के उभरते कलाकारों को एक मंच प्रदान करना है